नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण सफल साबित हुआ है वैंकेया नायडू ने कहा कि मजदूरी में अंतर अथवा कैरियर विकास के लिये कम अवसर मिलने सहित महिलाओं के प्रति सभी तरह का भेदभाव खत्म होना चाहिये उन्होंने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में भारत में महिला उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है प्रेंशनर दिवस अखिल भारतीय पैंशनर दिवस पर आज मंडी जिले के सुंदरनगर में राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे

वीरेन्द्व कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सभी से आगे आने का आहवान किया है ऊना के लोअर कोटला स्थित एक स्कूल के वार्षिक समारोह में कल उन्होंने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा देने की ज़रूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है

जनजातीय क्षेत्रों में जहां न्यूनतम तापमान शुन्य से नीचे बना हुआ है वहीं धूप खिलने से दिन के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है

इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिये जयराम सरकार ने कसी कमर विदेशों में तीन रोड शो करेगा हिमाचल दैनिक जागरण का कहना है निवेशकों को आकर्षित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय रोड शो

माली साल में प्राथमिकता की योजनाएं देना भूले माननीय शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है कई विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने नहीं दी प्राथमिकता

धर्मशाला को मिली कबड़डी व खो खो अकादमी शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है खेलो इंडिया अभियान के तहत साई प्रशासन चलाएगा अकादमी आपका फैसला ने सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र के बयान को सुर्खी दी है हिमाचल में खुलेंगे तीन आर्मी कोचिंग सेंटर जबकि पंजाब केसरी का शीर्षक है केन्द्र सरकार से हिमालयन रेजिमेंट मांगेगा हिमाचल अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय निवेश के लिये में लिखता है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिये सरकार की पहल के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे बेरोजगारी से जूझते युवाओं में भी उम्मीद जगी है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में हिमाचल को अपने स्वतंत्र अनुसंधान और तकनीक के विकास में कार्य करने की जरूरत बताई है